एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन देश के विकास विश्वास और बड़े परिर्वतनों के हैं उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में हर तरह की चुनौती से निपटने का रास्ता निकाला है इस बार संसद के सत्र में जितने बिल पास हुए हैं

सरकार कृषि से लेकर राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े बड़े निर्णय ले पाई हम चुनौतियों से सीधे टकराना जानते हैं

उलटे लोकतंत्र को लगातार बर्बाद करने का काम किया

श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और हालात से घबराने की जरूरत नहीं है

देश में निवेश आ रहा है अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति हम देख रहे हैं साथ ही घरेलू बाजार में मांग भी बेहतर है

केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर कल ग्वालियर में सरकार की उपलब्धियां बतायेंगे

वेनेटरी कान्फ्रेंस केन्द्रीय पशुपालन राज्य मंत्री संजीव कुमार बाल्यान ने कल भोपाल में भारतीय वेटेनरी कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में कहा कि पश् चिकित्सकों को पश्धन संरक्षण में बेहतर कार्य करना चाहिए बाल्यान ने कहा कि पशुपालन और डेयरी उद्योग को लाभकारी बनाने के लिए उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने शत प्रतिशत निराश्रित गौ वंश को संरक्षित करने का निर्णय लिया है इसके लिए हाईटेक गौ शालाएं बनाई जा रही हैं ग्रामीणों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी उद्योग अपनाने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है

ऑनलाइन लाटरी एनआईसी द्वारा निकाली जायेगी

गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये प्रथम चरण में लगभग दो लाख तीन हजार बच्चों ने आर्वेदन किया था

मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में हो रही तेज बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है भोपाल में कई निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति बन गई है प्रदेश में नर्मदा ताप्ती बेतवा सहित अनेक छोटी बड़ी नदियां और बरसाती नाले ऊफान पर हैं इससे कई सड़क मार्गो पर आवागमन ठप हो गया है लगभग सभी बांध पानी से लबालब है और जबलपुर के बरगी खंडवा में ओंकारेश्वर इंदिरा सागर और विदिशा के शमशाबाद सहित अन्य बांधों के गेट भी फिर से खोल दिए गए हैं

प्रदेश में मौसम का हाल अगले तीन दिन तक लगभग ऐसा ही बने रहने का अनुमान है

कार्यशाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होंगे संयुक्त कार्यशाला में नैक ग्रेडिंग प्रक्रिया की संकल्पना पर विचार विमर्श किया जायेगा विश्वविदयालयों की नैक ग्रेडिंग की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जायेगी देश के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ तुलनात्मक स्थिति पर विचार किया जायेगा